भारत की आत्मा गॉवों में बसती है कहा राज्यपाल लालजी टंडन ने

प्रदेश राजनीति प्रदेश कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप प्रत्यारोपों के बीच छह विधायक कल भोपाल लौट आए उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके आवास पर मुलाकात कर उनको समर्थन का भरोसा दिलाया वहीं चार विधायकों के बेंगलुरू में होने की बात कही गई है कांग्रेस ने इससे पहले आरोप लगाया था कि भाजपा ने कुछ विधायकों को हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली में बंधक बनाकर रखा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार गिराने की भाजपा की कोशिशों का पर्दाफाश हो गया है बाकी विधायक भी जल्द वापसी करेंगे राज्य की कमलनाथ सरकार पर कोई खतरा नहीं है वहीं भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपो को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस में आतरिक कलह है और कांग्रेस नेता भाजपा पर झुठे आरोप लगा रहे हैं

राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि भारतीय संस्कृति हजारों साल पुरानी है दुनिया को ज्ञान विज्ञान की देन हमारे पूर्वजों की देन है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कल हुए आठवे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेडिकल साइंस में भारत किसी से कम नहीं है श्री टंडन ने कहा कि भारत की आत्मा ग्रामों में रहती है नानाजी देशमुख ने इसी को ध्यान में रखते हुए चित्रकूट में ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय की शुरुआत की दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को देश की समृद्दि विकास और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की शपथ दिलाई गई राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं को पदक एवं उपाधियां प्रदान की कोरोना वायरस कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए प्रदेष में लगातार सतर्कता बरती जा रही है

शाजापुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के पीड़ितों की पहचान और उनके इलाज के लिए कल मॉकड़िल की वहीं ग्वालियर जिले में वायरस से बचाव के लिए सभी एहतियाती प्रबंध किए गए हैं आम जनों से भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है मंडला जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस बीमारी और उससे बचाव की जानकारी देने को लिए कार्यशाला आयोजित की गई पटेल दौरा कन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव के दौरे पर आएंगे वे दोपहर जबलपुर से गोटेगांव पहंचने के बाद स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे

ईओडब्ल्यू एसपी नीरज सोनी ने कल बताया कि इस मामले में बैंक की तत्कालीन अधिकारी मीनाक्षी काछी सीनियर मैनेजर आरएन दास सुश्री अनामिका आस्तिक लिपिक शानेन्द्र कुडापे विमला तिर्की सहित रद्दी चौकी के प्रदीप साहू धनीराम अहिरवार शेख जाहिद के खिलाफ खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी के मामले की जांच में मिली गड़बडियों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है

इस अवसर पर हम प्रादेशिक समाचारों में ऐसी महिलाओं की खबरें प्रसारित कर रहे हैं जो प्रदेश में दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं आज सुनिए होशंगाबाद जिले की दो ऐसी महिला किसानों की दास्ता जिन्होंने अच्छी फसल से न केवल किसान कर्मण सम्मान हासिल किये बल्कि वे रसायनिक खाद की जगह जैविक खाद के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही हैं

आयकर सर्वे आयकर विभाग के अधिकारियों ने कल खरगोन सेंधवा खंडवा बुरहानपुर शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापा मार कार्रवाई की आयकर अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जगह जगह व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सर्वे शुरू किया

मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा टूर्नामेंट में भारत सभी लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा है भारत अगर यह मैच जीतता है तो वह पहली बार फाइनल में पहंचेगा मौसम प्रदेष में कल कई हिस्सों में बारिष और ओले गिरने से मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है

षिवपुरी निवाड़ी छतरपुर टीकमगढ़ सहित कई जिलों में कल बारिष के साथ ओले गिरे इससे किसानों फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं